उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया है

उन्होंने कहा कि सभी के लिए आवास जल शक्ति मिशन आयुष्मान भारत किसानों की आय दोगुना करना उज्जवला योजना और तीन तलाक को गैर कानूनी करार देना सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है

सिरमौर जिले में पच्छाद के फागू में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिदंल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की शिमला जिले में चौपाल के धवास में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र मंडी जिले के कोटहटली में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सोलन जिले के कोठों में हुए कार्यक्रम में जनमंच के राज्य समन्वयक व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने जन समस्याएं सुनीं इसी तरह ऊना के चिंतपूर्णी में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की कुल्लू के शमशी में वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाक्र हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताल में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र पालमपुर के कंदवाड़ी में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर जिले में नैनादेवी के दयोथ में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी चंबा में चुराह क्षेत्र के बैरागढ़ में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार जबकि लाहौल घाटी के जाहलमा में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री राज्य सरकार सभी ज़िला अस्पतालों में फिजियोथैरेपिस्ट के पद प्राथमिकता के आधार पर भरेगी वहीं किन्नौर व लाहौल स्पीति के अलावा सभी जिला अस्पतालों में इस श्रेणी का एक अतिरिक्त पद सुजित किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में विश्व फिजियोथैरेपिस्ट दिवस के अवसर पर हुए एक सम्मेलन में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल में सड़क दुर्घटनाओं के मामले अन्य राज्यों की तुलना में अधिक रहते हैं जिसके चलते फिजियोथैरेपिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजियोथैरेपिस्ट की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए सरकार इस संबंध में परिषद् के गठन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी

भूकम्प चंबा जिले में आज भूकंप के दो झटके महसूस किए गए भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है

भूकंप का केंद्र बिंदू चम्बा था

शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री व देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है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

अपने शोक संदेश ने मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जेठमलानी आपराधिक मामलों के एक अनुभवी अधिवक्ता थे और उन्होंने उच्चतम व अन्य न्यायालयों में अनेक चर्चित मामलों की पैरवी की धुमल हमीरपुर जिले में सुजानपुर भाजपा मण्डल की एक कार्यशाला आज टौणीदेवी में आयोजित की गई इस दौरान संगठनात्मक चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे

आग्रह स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने राज्य सरकार से नेत्र बैंकिंग व्यवस्था में तुरंत व्यापक सुधार की मांग की है संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि नेत्र बैंकिंग व्यवस्था में कई गम्भीर खामियां हैं जिससे पर्याप्त संख्या में प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने सरकार से सभी ज़िलों में नेत्र संग्रह केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया है प्रतियोगिता भारत विकास परिषद की कुल्लू इकाई ने देशभक्ति गीतों की राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आज कुल्लू में आयोजन किया

परिषद के ज़िला अध्यक्ष युवराज बोध ने कहा कि परिषद द्वारा जल्द ही भारत को जानो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा